कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चूनाव कराने की घोषणा कर दी है

उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए उम्मीदवार नामांकन पत्र तीन और चार अप्रैल को दाख़िल कर सकेंगे इन नामांकन पत्रों की जांच पांच और छह अप्रैल को की जायेगी जबकि सात अप्रैल को नामांकन पत्र वापस लिये जा सकेंगे पहले चरण के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन सात अप्रल को किया जायेगा दूसरे चरण के लिए नामांकन सात और आठ अप्रैल को भरे जायेंगे पर्चो की जांच नौ और दस अप्रैल को होगी नाम वापसो ग्यारह अप्रैल को होगी और उसी दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जायेगा तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया तेरह और पन्द्रह अप्रैल को होगी पर्चो की जांच सोलह और सत्रह अप्रैल को की जायेगी और उम्मीदवार अट्ठारह अप्रैल को अपना नाम वापस ले सकेंगे तीसरे चरण में उम्मीदवारों को अट्ठारह अप्रैल को चुनाव निशान आवंटित किया जायेगा चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र सत्रह और अट्ठारह अप्रैल को भरे जायेंगे जिनकी जांच उन्नीस और बीस अप्रैल को होगी जबकि नाम वापसी के लिए इक्कीस अपल की तारीख तय की गयी है और उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव निशान दिया जायेगा

उन्होंने होली सहित अन्य त्यौहारों पंचायत चुनावों और विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण में बढ़ोत्तरी को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने तथा कोराना संकमण से बचाव और इलाज की प्रभावी व्यवस्था बरकरार रखने के निर्देश भी दिये हैं मुख्यमंत्री ने बस अड्डों रेलवे स्टेशनों और हवाई अड़डों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच करने का निदेश जारी किया है

श्री योगी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में निगरानी समितियों के जरिये बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी इकट्ठा की जाये ताकि संक्रमित लोगों को क्वारंटीन करने के साथ साथ इलाज की समुचित व्यवस्था में मदद मिल सके मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक जगहों पर भीड़ एकत्र न होने देने के लिए पुलिस को ज़रूरी क़दम उठाने का निर्देश दिया है उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों से कहा है कि वे रोज़ाना सुबह कोविड अस्पतालों और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर में बैठक करें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

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना से संक्रमित एक हज़ार बत्तीस नये मामले आये हैं पांच हज़ार आठ सौ चौबीस कोरोना के सकिय मामलों में से तीन हज़ार तीन सौ अट्ठासी लोग होम आइसोलेशन में हैं जबकि अन्य मरीज़ निजी और सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं यह जानकारी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को दी

उन्होंने बताया कि अब तक पांच लाख छियान्नबे हजार छह सौ अट्ठान्नबे लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं श्री प्रसाद ने बताया कि कल एक दिन में कुल एक लाख चौवालीस हज़ार आठ सौ उन्तालीस नमूनों की जांच की गयी अब तक तीन करोड़ बयालीस लाख साठ हजार पांच सौ चौरासी सैम्पल्स की जांच की जा चुकी है उन्होंने बताया कि पहली अप्रैल से पैतालीस से साठ वर्ष की आय़् के सभी नागरिक कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र होंगे और यह सुविधा शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू होगी उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए किसी तरह की बीमारी के सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण का काम जारी है और सभी ज़िला चिकित्सालयों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और मेडिकल कॉलेजों में सोमवार से शनिवार तक टीकाकरण किया जा रहा है राज्य मंत्रिपरिषद ने कानपुर और वाराणसी शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली के कियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है यह स्वीकृति कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदान की गयी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था में शामिल शहरों की शांति कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण तथा यातायात प्रबंधन की हर छह महीने में समीक्षा की जायेगी और नई व्यवस्था का मूल्यांकन किया जायेगा इस निर्णय से आम नागरिकों को और अधिक सुरक्षा और सहयोग हासिल होगा तथा पुलिस की कार्यशीलता में बढ़ोत्तरी होगी लखनऊ शहर और गौतमबुद्धनगर ज़िले में पुलिस कमिश्नरेट के सफल प्रयोग के बाद यह व्यवस्था कानपुर और वाराणसी शहरों में लागू की जा रही है मंत्रिपरिषद ने बरेली में आईटी पार्क बनाने के लिए आठ हजार वर्गमीटर ज़मीन को आईटी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पक्ष में विकय किय जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है मंत्रिपरिषद ने जिन अन्य प्रस्तावों को मंज्री दी है उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी मिशन के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज योजना और हाईटेक टाऊनशिप नीति के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के कार्यक्षेत्र में संशोधन शामिल ह

इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिकापाल समेत जिल के कई अधिकारीगण मौजूद थे कार्यकम को सम्बोधित करते हुए सांसद श्री पाल ने कहा कि दो हजार सत्रह में भाजपा सरकार आने के बाद मुख्यमत्री द्वारा यह अनूठी पहल की गई जिसके तहत समाज के गरीब और वंचित तबकों की कन्याओं की शादी कराने में काफी सुविधा हुई श्री पाल ने कहा कि यह पहल समाज में एक ऐसी अवधारणा को जन्म देती है कि लोग जहां एक ओर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओं के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं वहीं दूसरी ओर समाज में व्याप्त दहेज प्रथा समेत कई कुरीतियों को मिटाने में मददगार साबित हो रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इस कार्यक्रम का आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के य्ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा कानपूर देहात में आज एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गयी और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये सूत्रों के अनुसार यह दुर्घटना अकबरपुर कोतवाली के तहत ज़िलाधिकारी के दफ्तर और आवास से थोड़ी दूरी पर सुबह उस समय हुई जब एक निजी बस ने आटो को सामने से टक्कर मार दी जिसकी वजह से ऑटो पलट गया और उसमें बैठी दो सवारियों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक अन्य महिला की उपचार के दौरान मौत हो गयी

शाहजहांपुर में नहर विभाग की लापरवाही से किसानों की सैकड़ो ं बीघा फसल जलमग्न होने से बर्बाद हो गयी है ज़िले के सिधौली विकास खण्ड के ईटा रोडा गांव में नहर का बांध टूट जाने से गेहूं और गन्ने की खड़ी फसल जलमग्न हो गयीं जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का संकट पैदा हो गया है क्षेत्रीय किसानों ने बताया कि नहर की टी साइड पटरी कट जाने की सूचना विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को दी गयी थी लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जिससे किसानों की प्रमुख फसलों को क्षति पहुंची है